प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा की श्री मोदी ने कहा एक छोटे शहर से निकलकर धौनी ने विश्व में ख्याति अर्जित की

केन्द्री य शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वर्च्यअल माध्य्म से आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लंगातार चौथीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का पहला पुरस्कार मिला है गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का प्रस्कार मिला वहीं नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी और जालंधर छावनी बोर्ड को देश ँ के सबसे स्वछच्छ छावनी बोर्ड का प्रस्काार दिया गया

उन्होंने कहा कि स्वंच्छता और कूड़ा प्रबंधन के लिए नगरीय क्षेत्रों में बहत से नये प्रयोग किए गए उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम देने वाले राज्यों और शहरों को आज आयोजित स्वच्छता महोत्संव में एक सौ उनतीस पुरस्कार दिए गए

जिला प्रशासन और नगर परिषद के अँधिकारियों ने इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए सफाईकर्मियों को विशेष रुप से बघाई दी है

वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए दो सौ अठहतर लोगों की मौत भी हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण के सबसे ज्यादा पांच हजार दो सौ नौ मामले रांची और फिर चार हजार चार सौ अंठावन मामले पूर्वी सिंहभूम से आए हैं वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा एक सौ बारह मौत पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है जबकि रांची में चौवालीस लोग की जान जा चुकी है रांची में सबसे ज्यादा दो हजार छह सौ चौंतीस और पूर्वी सिंहभूम में दो हजार सतासी लोग कोरोना को मात दे चुके हैं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग तिरसठ प्रतिशत हो गई है

ऐसे में जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को सतर्कता बरतने को कहा है उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों को कोर्राना संक्रमण से बचाव को लेकर समय समय पर प्रशिक्षण देने के साथ सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया गये हैं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद कर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं

संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी घटकर एक दशमलव नौ शून्य पर आ गया है तीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है

इधर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जयंती कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सांसद गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मध् कोड़ा और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के कई नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्वा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा की है धोनी को लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि वे न केवल क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान बल्कि मैच जीतने में अपनी विशेष भूमिका के लिए सदैव याद किये जाएंगे उन्होंने कहा कि धोनी ने एक छोटे शहर में सामान्य स्तर से उठकर विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की प्रधानमंत्री ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को गौरवान्वित किया है

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत दिए जाने वाले रियायती ऋण से मछुआरों और डेयरी किसानों सहित दो करोड़ पचास लाख किसानों के लाभान्वित होने की आशा है राज्य की पहली वर्चुअल लोक अदालत उनतीस अगस्त को लगेगी इसके तहत सभी जिला अदालतों में एक साथ सुनवाई के लिए बेंच बनाई जा रही है झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को लोक अदालत के आयोजन की तैयारियां करने का निर्देश दिया है उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संतोष कमार ने बताया कि लोक अदालतों के जरिए लगभग छह हजार मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है अबतक चार हजार पांच सौ से ज्यादा मामले सूचीबद्ध हो चुके हैं

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट के राजगढ़ में इस परियोजना के तहत स्थापित होने वाले प्रोसेसिंग यूनिट से अगले साल अप्रैल मई तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है श्री अर्ज्न मुंडा ने कहा कि राजगढ़ में ट्राई फूड परियोजना के तहत आमला जामुन और कस्टड सेब प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है वहीं राजगढ़ में मिनिमल मल्टी कॉम्यूडिटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इन नई परियोजनाओं से जनजातीय आबादी को काफी फायदा होगा और उनके उत्पादों को बाजार के साथ अच्छी कीमत भी मिलेगी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

वन विभाग के द्वारा किए जा रहे पौधरोपण के तहत सागवान और महोगनी समेत कई फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल ने बताया कि साहिबगंज राजमहल उधवा तालझारी और बरहडवा प्रखंड में गंगा नदी के तट पर बसे छियतर गांवों में पौधे लगाये जा रहे हैं

इस साल सत्ताईस जुलाई को चैनपुर थाना क्षेत्र के जामुनिया ढोढ़ा जंगल में एक कंपनी के मैनेजर से हई लुट में शामिल चार अपराधी पकडे गये हैं इन अपराधियों के पास से लुट की राशि और मोटरसाईकिल समेत कई सामान पुलिस ने बरामद किये हैं

चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित भगवनिया टोला में संचालित अवैध शराब भट्टिठयों के खिलाफ आज पूलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया इस दौरान लगभग पांच क्विंटल जावा महुआ सैकड़ों लीटर देसी शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों को मौके पर ही नष्ट कर दिया इस दौरान अवैध शराब भट्ठी चलाने वाले फरार हो गये पुलिस ने कहा कि अवैध शराब बनाने और बिकी के खिलाफ छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा पशु तस्करों के खिलाफ कोडरमा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान दो ट्रकों से सैंतीस मवेशी बरामद किए हैं इस मामले में छह पशु तस्कर समेत दस लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है गौरतलब है कि इन मवेशियों को पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाया जा रहा था राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले अड़तालीस घंटे तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होगी मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और उत्त र तटीय ओडिसा एवं इसके आस पास के इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है लगातार मूसलाधार बारिश होने का जन जीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है